मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में सरकार के समर्थन के लिए लोगों का जताया आभार

इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल हैं

म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

केंद्र सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा मुख्यमंत्री बधाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी उन्होंने शिमला स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की और उन्हें भी नए साल की बधाई दी

इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी निवास ओकओवर में बड़ी संरव्या में मंत्रिमण्डल के सहयोगियों और विभिन्न बोर्डो निगमों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने नए साल की बधाई के लिए सभी का आभार व्यक्त किया खासतौर पर प्रदेश के लोगों का जिन्होंने प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार को अपना भरपूर समर्थन दिया है इस बीच जयराम ठाक्र ने सूचना व जनसंपर्क विभाग के गिरीराज साप्ताहिक केलेंडर का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरीराज साप्ताहिक राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभा रहा है

इस मौके उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन क्लस्टर विश्वविद्यालय व राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी में आडिटोरियम के लिए चिन्हित स्थान सहित अन्य विकास कार्यो को तय समय में पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे

मारकंडा प्रदेश सरकार किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज कांगड़ा जिला के बैजनाथ में जनसमस्याएं सुनने के बाद ये बात कही

रामलाल मारकंडा ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सौर सिंचाई योजना पर दो सौ करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि शिक्षा का उददेश्य समाज की विभिन्न विषमताओं और चुनौतियों को खत्म करना है सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के कमिक विकास के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को जीवंत रखना अनिवार्य है वीरेन्द्र कंवर ने अभिभावकों से बच्चों को पारिवारिक मूल्यों व सामाजिक सरोकारों की जानकारी देने का आग्रह किया इस मौके उन्होंने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थी को पुरस्कृत किया सुरेश भारद्वाज भाजपा किसान मोर्चा के कसुम्पटी मंडल द्वारा शिमला जिला के गुम्मा में आयोजित तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पांच हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है

बिंदल प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं देने के अलावा प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन निर्वाचन क्षेत्र के तहत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर के वार्षिक समारोह में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि पाठशाला त्रिलोकपुर का नामकरण माता बाला सुंदरी के नाम पर किया जाएगा जिसके लिए मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है इस अवसर पर राजीव बिंदल ने मेधावी विद्यार्थियों के अलावा अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम के तहत जमटा स्कूल के तीन पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

अभियान के तहत आज चंबा मेडिकल कॉलेज से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई डीशर्मा ने टीबी मुक्त पखवाड़े की शुरूआत की वाईडीशर्मा ने बताया कि उपचार की अवधि में टीबी के रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत पांच सौ रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता भी दी जाएगी

वीरेन्द्र कश्यप हिमाचल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चार रेल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऊना हमीरपुर रेलवे लाईन के निर्माण कार्य को बजट प्रावधान में शामिल कर लिया गया है अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में वीवीआईपी हैलीकॉप्टर अगस्ता वैस्टलैंड मामले को लेकर कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया

अनुराग ठाक्र ने कहा कि अगस्ता वैस्टलैंड घोटाले में जांच के दौरान जो कड़ियां सामने आ रही उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है उन्होंने कहा कि किश्चन मिशेल की गिरफतारी के बाद साबित हो चुका है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि राफेल रक्षा सौदे में उच्चतम न्यायालय का फैसला कांग्रेस को करारा जवाब है और देशवासियों को गुमराह करने के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए

राजधानी शिमला सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों में पहुंचे सैलानियों सहित स्थानीय लोग नव वर्ष के रंगारंग कार्यक्रमों में शामिल हुए शिमला के रिज मैदान पर भारी संख्या में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनन्द उठाते रहे रात बारह बजते ही लोगों ने पटाखे चलाकर और एक दूसरे को बधाई देकर नव वर्ष का स्वागत किया विभिन्न इमारतों व होटलों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था इधर राज्य के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है नव वर्ष के मौके पर लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में श्रद्वालुओं ने लंबी लंबी कतारों में दर्शन कर पूजा अर्चना की महाआरती इस बीच नववर्ष के उपलक्ष्य में आज कुल्लू जिले के माहौल स्थित नैचर पार्क में ब्यास नदी के किनारे महाआरती का आयोजन किया गया इस अवसर पर वन मंत्री गोविंद ठाकुर सहित बड़ी संरव्या में लोगों ने भाग लिया पारंपरिक वेद मंत्रों व वाद्ययंत्रों की धुनों के बीच महाआरती के आयोजन से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया

लोगों ने महाआरती के बाद नदी में मिट्टी के दीए प्रवाहित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया सुखविन्द्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने अगस्ता वैस्टलैंड मामले में कांग्रेस को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश करने का भाजपा पर आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम उछाल कर राजनीतिक लाभ लेने की असफल कोशिश कर रही है सुखविन्द्र सिंह ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी जनजागरण अखिल भारतीय राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन प्रदेश की सभी पंचायतों में संविधान के रास्ते जनजागरण अभियान चलाएगा संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियान अगले वर्ष दो अक्तूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि अभियान को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है